स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

उन्होंने इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया

इन राज्यों में जिलेवार स्थिति की जानकारी उन्हें दी गई प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि केंद्र और राज्य सरकारें नियमित रूप से संपर्क में बने ह्ए हैं और अनुमानित मांग संबंधी आंकड़े राज्यों के साथ साझा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को पूरे देश में ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों की निर्बाध आवाजाही स्निश्चित करने का निर्देश दिया बैठक में बताया गया कि सरकार ने ऑक्सीजन टैंकरों के अंतर राज्य आवाजाही को परमिट से छ्ट दे दी जाए ऑक्सीजन सिलेंडर भरने वाले संयंत्रों को चौबीसों घंटे काम करने की अन्मति दी जाएगी सरकार औद्योगिक सिलेंडरों को चिकित्सा ऑक्सीजन सिलिंडरों के रूप में उपयोग करने की अन्मति दे रही है

कल राज्य में कोविड से छह रोगी स्वस्थ्य हए जिसमें लेपारादा जिले से तीन तिराप से दो और चांगलांग जिले से एक रोगी शामिल है राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर छियासठ हो गई है राज्य में कोविड रिकवरी दर निन्यानबे दशमलव दो आठ प्रतिशत है कल कोविड जांच के लिए दो सौ ग्यारह सैंपल एकत्र किए गए

राज्यपाल ने फर्स्ट अरुणाचल एन सी सी बटालियन के कैडेट्स के साथ भी इस म्द्दे पर चर्चा की राज्यपाल ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण के सतत कोविड प्रबंधन और जन भागीदारी पर जोर दिया उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय के छात्रों से कोविड उचित व्यवहार पर जनजागरुकता पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आहवान किया

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य नए भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है ग्रुवार को नए भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए सतत आजीविका के क्षेत्र में निवेश विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हए श्री सिंह ने कहा है कि प्रत्येक क्षेत्र के महिला उद्यमिता की समुद्ध परंपरा है उन्होंने कहा जहां तक महिला स्व सहायता समूहों का संबंध है उन्होंने हमेशा नेतृत्व ही किया है श्री सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में नागा मदर एसोसियेशन जैसे कई जीवंत महिला समूह है जो आजीविका के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान दे रही हैं

श्रीमती मिश्रा के साथ राज्य के वस्त्र और हस्तशिल्प विभाग की सचिव स्वप्निल नाइक भी थे श्रीमती नीलम मिश्रा ने म्यूजियम में प्रदेश की जनजातियों के पारंपरिक लायन लूम उत्पादों के प्रदर्शन के लिए एक विशेष स्थान निर्धारित करने को कहा गौरतलब है कि श्रीमती नीलम मिश्रा राज्य की जनजातियों की लायन लूम से बने पारंपरिक परिधानों को बढ़ावा देने के लिए म्हिम चला रही है उनका कहना है कि लायन लूम के माध्यम से स्थानीय जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा कला एवं संस्कृति को बढ़ावा मिलेगी